प्रधानमंत्री उन्नीस जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के हितग्राहियों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री ने नया रायपुर में नवनिर्मित कनवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना

इससे पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के मानसुन सत्र में दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा है बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और भारतीय डी राजा बैठक में शामिल हुए पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के ने बताया कि सभी दलों ने सरकार को सहयोग देने का आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री बातचीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परसों उन्नीस जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के हितग्राहियों से बातचीत करेंगे इसके लिए बस्तर जिले के कोलचूर गांव और दंतेवाड़ा जिले के जावंगा गांव का चयन किया गया है योजना के हितग्राहियों से गांवों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की व्यवस्था की जाएगी कोलचूर और जावंगा गांव के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत होगी अन्य जिला मुख्यालयों में योजना के हितग्राही एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित रहकर प्रधानमंत्री को सुन सकेंगे

वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की ओर अब एक साथ विकास करने के लिए पिछड़े जिलों को अहमियत दी गयी है इसी के अनुरूप वर्ष दो हजार बाईस तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कारगर पहल किया जा रहा है केन्द्रीय मंत्री ने आकांक्षी जिलों में खोले जाने वाले मॉडल कालेजों का निर्माण जल्द शुरू करने को कहा है मुख्यमंत्री कनवेंशन सेंटर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए छत्तीसगढ़ को देश का सबसे बेहतर राज्य बताया है मुख्यमंत्री ने आज नया रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और व्यापार परिसर में नवनिर्मित कनवेंशन सेंटर का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने उद्योगपतियों के साथ संवाद के लिए आयोजित सत्र थिंक प्रोग्रेस थिंक छत्तीसगढ़ को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों और व्यापार की उज्जवल संभावनाओं से जुड़ने का यह एक बेहतर अवसर है उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है सरकार की प्राथमिकता आईटी इलेक्ट्रिॉनिक्स खाद्य प्रसंस्करण और सोलर एनर्जी जैसे प्रदूषण रहित उद्योगों को बढ़ावा देने की है मुख्यमंत्री ने जिस कनवेंशन सेंटर का उदघाटन किया उसका निर्माण राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा करीब पच्चीस करोड़ रूपए की लागत से किया गया है इस केन्द्र में सात सौ पचास सीटों का अत्याध्रनिक ऑडिटोरियम पांच सेमिनार हॉल सहित लगभग बीस हजार वर्गफीट में नवनिर्मित प्रदर्शनी हॉल भी शामिल है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित व्यापार और उद्योग प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया मुख्य सचिव निर्देश राज्य के दस आकांक्षी जिलों में ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रधानमंत्री की सात महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत हितग्राहियों को आगामी पंद्रह अगस्त तक उपलब्ध कराया जाएगा इस आशय के निर्देश मुख्य सचिव अजय सिंह ने मंत्रालय से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला कलेक्टरों की बैठक के दौरान दिए हैं मुख्य सचिव ने अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी पट्टों के वितरण की कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर शुरू करने के लिए भी कहा है इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी आबादी पट्टों का वितरण जल्द शुरू करने को कहा गया है मुख्य सचिव ने जिलों में खाद बीज की उपलब्धता और उसके वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं

चुनाव आयोग ने पार्टी को हल चलाते किसान का चिन्ह आवंटित किया है पार्टी के विधायक अमित जोगी ने कहा कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे किसानों की पार्टी है इसलिए आयोग से इसी चुनाव चिन्ह की मांग की गई थी इस बीच खबर मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अजीत जोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं वे परसों उन्नीस जुलाई को दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे भारत निर्वाचन आयोग ने कल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के अलावा छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लोकतांत्रिक जनता दल को ऑटो रिक्शा और पीपुल्स मूवमेंट ऑफ इंडिया पार्टी को ट्रक चुनाव चिन्ह आवंटित किया है सरगुजा जल सत्याग्रह सरगुजा जिले के घुनघुट्टा बांध के डूबान क्षेत्र में कल एक महिला के डूबने की घटना के बाद स्थानीय रहवासियों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है स्थानीय विधायक चिंतामणी महाराज की अग्वाई में स्थानीय ग्रामीण डूबान क्षेत्र में पुल निर्माण और नाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं इनमें महिलाए भी शामिल हैं गौरतलब है कि लवईडीह के जिस स्थान पर यह जल सत्याग्रह किया जा रहा है वह इलाका दो गांवों में बंटा हआ है इसके बीच में घुनघट्टा बांध का ड्बान क्षेत्र है जिसकी गहराई तीस से सत्तर फीट तक की है स्थानीय ग्रामीणों को एक गांव र्से दूसरे गांव तक जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है हाल के वर्षो में डूबान क्षेत्र को टायर ट्यूब से पार करने के दौरान कई हादसे हो चुके हैं कल जो महिला पानी में डूब गई उसका शव अब तक बरामद नहीं हो सका है मौके पर जिला प्रशासन और बचाव दल की टीम मौजूद है दर्घटना जांजगीर चांपा जिले में आज एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है यह घटना डभरा क्षेत्र के घोघरी गांव में हुई बताया जाता है कि पत्थर से भरा ट्रेलर क्षमता से ज्यादा भार होने की वजह से अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया जिससे सड़क के किनारे से गुजर रहे दो व्यक्ति और मोटरसाइकिल सवार दो लोग इसके नीचे दब गए इन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर जाम की स्थिति बन गई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है इधर आज दूर्ग जिले में रिसाली के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दो युवतियों को ठोकर मार दी हादसे में एक युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है

वही कोरिया जिले के महाराजपुर के पास आज एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार दो भाईयों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है मौसम आगामी चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है उत्तरी छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाके में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इसके असर से मानसून सक्रिय रहेगा बीते चौबीस घंटों के दौरान राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहा इसके प्रभाव से सभी संभागों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई वहीं रायपुर और दुर्ग संभाग के एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा दर्ज की गई

प्रदेश में खरीफ फसलों की करीब उनतालीस प्रतिशत बोआई का काम पूरा हो चुका है कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को रोपा लगाने की सलाह दी है

महानदी उफान बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र स्थित महानदी का जलस्तर उफान पर है आज गिधपुरी गांव के पास महानदी में रेत उत्खनन का काम चल रहा था जिसमें करीब आठ ट्रक और बीस लोग काम पर लगे हुए थे इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने पर ये लोग फंस गए अपनी जान बचाने के लिए ये लोग ट्रक पर चढ़ गए और मदद मांगी बाद में इन सभी को बचाव दल की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया है

स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें आज शाम तक कार्य पर लौटने का आदेश दिया था राजधानी रायपुर के थानों में आठ नये थाना प्रभारियों का पदस्थापना आदेश जारी किया गया है जांजगीर चांपा जिले के चंदनिया गांव में कूलर से करंट लगकर एक बालक की मौत हो गई